जेईई मेन्स की प्रवेश परीक्षा एक से छः सितबर तक और नीट यूजी परीक्षा तेरह सिंतबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने जेईई मेन्स और राष्ट्रीय पात्रता और नीट यूजी के लिए परीक्षा केन्द्रों की संख्या में वृद्वि कर दी है एजेंसी ने कहा है कि कोविड नाइन्टीन महामारी के कारण सामाजिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हए देश भर में परीक्षा केन्द्रों की संख्या जेइई मेन्स के लिए पांच सौ सत्तर से बढ़ाकर छः सौ साठ और नीट यूजी दो हजार बीस के लिए दो हजार पांच सौ छियालिस से बढ़ाकर तीन हजार आठ सौ तिरालिस कर दी गयी है इस साल करीब साढ़े आठ लाख परीक्षार्थियों ने जेईई मेन्स के लिए और लगभग सोलह लाख ने नीट यूजी के लिए पंजीयन कराया है एहतियाती उपाय के तौर पर नीट यूजी परीक्षा में एक कक्ष में प्रतिभागियों की संख्या चौबीस से घटाकर बारह कर दी गयी है शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा है कि हम छात्रों के साथ है और उनकी स्रक्षा हमारी प्राथमिकता है देश में कोविड नाइन्टीन के कुल संक्रमण के कुल सक्रिय मामलों की तुलना में इस समय लगभग साढे तीन गुणा से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं पिछले पच्चीस दिनों में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर ताजा मिले मामलों का शतप्रतिशत है स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर छिहत्तर दशमलव तीन शून्य हो गई है अब तक किए गए एहतियाती उपायों के कारण चौबीस लाख सड़सठ हजार से अधिक लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों में तिरसठ हजार से अधिक लोग इलाज के बाद ठीक हए स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि क्ल संक्रमित लोगों में से केवल शून्य दशमलव दो नौ प्रतिशत मरीज वेंटिलेटर पर हैं और मात्र दो प्रतिशत लोग आईसीयू में हैं मृत्यू दर भी तेजी से घटकर एक दशमलव आठ चार प्रतिशत पर आ गई है तीस राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम है इस समय देश में संक्रमण के सात लाख सात हजार दो सौ सड़सठ सक्रिय मामले हैं कल एक हजार उन्सठ मौतों के साथ कोरोना से मरने वालों की संख्या उन्सठ हजार चार सौ उन्चास हो गई है केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा ने अपने लाभार्थियों को विशेषज्ञों के साथ परामर्श करने की सुविधा देने के लिए कल से टेली परामर्श सेवाएं शुरू की हैं स्वास्थ्य मंत्रालय को कोविड नाइन्टीन महामारी के मदेनजर विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ यह सेवा शुरू करने के लिए वरिष्ठ नागरिकॉ समेत कई अन्य लामार्थियों से अनुरोध मिले थे श्रुआत में यह सेवा दिल्ली एनसीआर के लामार्थियों को ही उपलब्ध होगी यह सेवा सभी कार्य दिवसों में सुबह नौ बजे से दोपहर बारह बजे के बीच उपलब्ध रहेगी इस सेवा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के मौजूदा ई संजीवनी मंच का उपयोग किया गया है लाभार्थियों को अपने मोबाइल नंबर पर पंजीकरण कराना आवश्यक है टेली परामर्श के बाद ई प्रिस्क्रिप्शन जारी किया जाएगा जिसे दिखाकर दवाएं प्राप्त की जा सकेंगी केन्द्र सरकार ने पूरे देश के राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर किसी भी छूट के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है डिजिटल भुगतान को बढावा देने और राष्ट्रीय राजमार्गो पर निर्बाध यात्रा सनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया गया है सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वैघ फास्टैग वाले वाहनों को चौबीस घंटे के अंदर वापसी यात्रा करने पर छूट और अन्य रियायतें देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम दो हजार आठ में संशोधन किया है मंत्रालय ने बताया कि इस संशोधन के बाद छूट स्वत मिलेगी और चौबीस घंटे के अंदर वापसी यात्रा करने वाले वाहनों के लिये पूर्व जानकारी देना जरूरी नहीं होगा प्रदेश सरकार ने राज्य में समी तरह के सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर तीस सितम्बर तक रोक लगा दी है राज्य के अपर मुख्य गृह सचिव अवनीश क्मार अवस्थी ने इस सबंध में एक आदेश जारी कर किसी भी तरह के जुलूस और झांकियां निकालने पर रोक लगा दी है आकाशवाणी से बातचीत में श्री अवस्थी ने कहा कि इस आदेश का हर हाल में पालन होना चाहिए एक स्थान पर पांच से ज्यादा लोगों के एकत्र होने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है ये सारे प्रतिबंध इस आशंका को देखते हए लगाये गये हैं कि असामाजिक तत्व कानून व्यवस्था तथा साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाडने का काम कर सकते हैं प्रदेश में अलग अलग हुयी दो सड़क दुर्घटनों में आज नौ लोगों की मौत हो गयी जबकि सत्रह लोग घायल हो गये लखनऊ के काकोरी क्षेत्र में रोडवेज की दो बर्से आपस में भिड़ गयीं जिसके कारण छः लोगों की मौत हो गयी और दस अन्य लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये पुलिस सूत्रों ने बताया कि काकोरी हरदोई रोड पर बाजनगर गांव के पास आज सुबह यह दुर्घटना उस समय हुयी जब ट्रक को ओवरटेक करने के प्रयास में एक तेज रफ्तार बस विपरीत दिशा से आ रही एक अन्य बस से टकरा गयी उधर कुशीनगर में आज पिकप और तिपहिया वाहन के आपस में टकरा जाने से तीन लोगों की मौत हो गयी जबकि एक बच्ची सहित सात लोग गम्मीर रूप से घायल हो गये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने दुर्घटना में घायल लोगों का समुचित उपचार कराये जाने का निर्देश भी दिया है